आज नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि चीन के बाद इस वर्ष भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में भूमि क्षरण कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जायेगा

वे नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अभित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है इस तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सतत् विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों का प्रारूप राज्यों को भेजा गया है श्री पासवान ने कहा कि कई बार ई कॉमर्स कारोबार में लोगों को गलत सामान दे दिया जाता है इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए कडे कदम उठाने की जरूरत है

इस दौरान यह दल घाटी में केन्द्र सरकार की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करेगा ये दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए स्कूल कॉलेज कौशल विकास केंद्र अस्पताल और अन्य सुविधाएं खोलने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता का आकलन करेगा साथ ही इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं की संभावनाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करेगा

छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे शुरु हुआ और दोपहर एक बजे सम्पन्न हो गया मतगणना कल सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी और शाम तक परिणाम आने शुरु हो जायेंगे मतदान के प्रति छात्र छात्राओ में रुचि देखी गई हालांकि झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा इसी तरह झुंझुनू में मोरारका कॉलेज में एसएफआई और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गये

कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में भी छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई इस दौरान बीकानेर जोधपुर दौसा टोंक में फर्जी मतदाता भी पकड़े गए हालांकि छात्रसंघ चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई जिसके तहत विद्यार्थियों को पहचान पत्र देखने के बाद ही मेतदान के लिए भेजा गया

आज सीकर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विषय पर अधिकारियों से चर्चा की गई है

योजना के तहत गांवों में पक्की सड़कें पानी की पाइप लाइनें बिजली के खम्मे और अन्य कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुमति से कराए जाते हैं

श्री यादव आज जयपुर में एक निजी स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को सामूहिक प्रयासों से रोका जा सकता है

अभियान के तहत प्रदेश भर सड़क सुरक्षा के संबेध में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिये प्रेरित किया जा रहा है

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगासिंह स्टेडियम में सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है जो दो सितम्बर तक चलेगी

नगर निगम नगर परिषद और नगरपार्लिकाओं तथा ग्राम पंचायतों में तैनात अधिकारियों से कहा गया है कि वे नदी नालों और तालाबों तक बरसाती पानी की आवक में रूकावट बनें अतिकमणों की सूची तैयार करें ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके

प्रतापगढ जिले में लगातार तीन दिनों से तेज बरसात हो रही है

वहीं जिले के नंदसमंद बांध के छलक जाने से अब राजसमंद झील में भी पानी की आवक में बढोतरी होगी आज बाडमेर जिले में कवास के आसपास कई गांवो में झमाझम बारिश हई

जिले के सबसे बड़े गंभीर और घोसंडा बांध के गेट भी दो बार खोले गए हैं कोटा जिला कलेक्टर ने आज कोटा बैराज से हो रही पानी की निकासी का सुरक्षा के मद्देनजर जायजा लिया कोटा बैराज के दस गेट खोलकर एक लाख छह हजार क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है मध्यप्रदेश में हो रही तेज बरसात के चलते गांधी सागर बांध के गेट खोले गए हैं जिसके कारण भारी मात्रा में पानी की आवक कोटा बैराज की ओर हुई है बड़ी मात्रा में पानी की निकासी के चलते कोटा में चम्बल किनारे बसे निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है साथ ही चम्बल नदी के किनारे बसे अन्य जिलों में अलर्ट जारी किया जा रहा है बीसलपुर बांध मे भी जल स्तर लगातार बढ रहा है

कल रात बांध का एक गेट वापस बंद कर दिया गया